प्रदेश में कोरोना से अब तक एक लाख अड़तालिस हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ

नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के प्रभावी नियंत्रण के लिये कोरोना से दो कदम आगे की सोच रखनी होगी क्योंकि यह एक महामारी है उन्होंने कोरोना टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर एक लाख पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की सर्मीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के कारण देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से मृत्युदर काफी कम है उन्होंने मृत्युदर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिये हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने अपने जनपदों में सर्विलांस कांटेक्ट ट्रेसिंग डोर टू डोर सर्वे और मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इंटीग्रेट्रेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजोंसे नियमित संवाद रखा जाय इसके लिये रेडियो टेलीविजन समाचार पत्रों और पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान की जाये उन्होंने मास्क के अनिवार्य उपयोग और दो गज की दूरी बनाये रखने के संबंध में आम जनता को विशेष रूप से जागरूक करने के निर्देश दिये प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण के पांच हजार आठ सौ अन्ठानबे नये मामले सामने आये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान बयासी लोगों की मौत हो गई प्रदेश में अब तक कोरोना से तीन हजार एक सौ इकतालिस लोगों की मौत हुई है इस समय राज्य में इक्यावन हजार तीन सौ सत्रह कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक एक लाख अड़तालिस हजार पांच सौ बयासी लोग कोरोना से ठीक हुए हैं देश में वर्तमान कोविड मरीजों की तुलना में लगभग साढे तीन गुना से अधिक लोग इससे ठीक हो चुके हैं पिछले पच्चीस दिनों में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है स्वस्थ होने वालों की दर बढकर छिहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत हो गई है अब तक एहतियाती उपायों के कारण चौबीस लाख सड़सठ हजार से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल शून्य दशमलव दो नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र दो प्रतिशत लोग आईसीयू में हैं मृत्यू दर भी तेजी से घटकर एक दशमलव आठ चार प्रतिशत पर आ गई है देश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ लाख बीस हजार से अधिक जांच की गई इसके साथ ही देश भर में अब तक तीन करोड़ छिहत्तर लाख इक्यावन हजार नमूनों की जांच की जा चुकी है जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही संक्रमण की दर निरंतर कम हो रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लडाई द्निया के कई बडे देशों के मुकाबले बेहतर है उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से देश में स्वस्थ होने वालों की दर भी छिहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत हो गयी है हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लडाई लड़ी कोरोना के खिलाफ तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए

जेईई मेन्स और नीट परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पहली से छः सितंबर तक और नीट परीक्षा तेरह सितंबर को आयोजित होंगी शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है हम छात्र के साथ हैं पहली उसकी सुरक्षा उसके बाद उसकी शिक्षा और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए है

तो मुझे निवेदन करना है समी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट और जेईई परीक्षा कराते समय पूरी ऐहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाए किए जाएंगे एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमकिता है उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार यानी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजद्रों को अब तक चौबीस करोड़ श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि अभियान के शुरूआती नौ सप्ताह में इसके लिए क्ल अटठारह हजार आठ सौ बासठ करोड़ रुपये खर्च किए गए देश में कोविड नाइन्टीन को ध्यान में रख कर ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजद्रों और अन्य प्रभावित लोगों को रोजगार तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है अभियान को उत्तरप्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश ओडिसा और राजस्थान में तेजी से लागू किया जा रहा है इसके तहत इन राज्यों के एक सौ सोलह जिलों में ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्राप्त हो रहे हैं प्रदेश में हो रही वर्षा तथा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आने के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और कई जनपद बाढ़ से प्रभावित है राहत आयक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश में उन्नीस जनपदों के नौ सौ बाईस गांव बाढ़ की चपेट में हैं जिनमें से पांच सौ इकहत्तर गांव जलमग्न है प्रभावित जनपदों के नाम है अम्बेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरिया फर्रूखाबाद गोण्डा गोरखपुर कासगंज लखीमपुर खीरी क्शीनगर मऊ संतकबीरनगर शाहजहांपुर श्रावस्ती तथा सीतापुर शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं सरयू नदी बाराबंकी एल्गिनब्रिज और अयोध्या तथा बलिया के तूर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बनी हई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को हुई क्षति का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र ही कृषि निवेश अनुदान देने के निर्देश दिये हैं इस दौरान मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिन राज्य में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम की अपेक्षा बारिश का प्रभाव अधिक रहने के आसार है